राजस्थान पुलिस ने कहा उसकी किसी भी इकाई द्वारा विधायक या सांसद की टैपिंग नहीं की गई

यह केन्द्र स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लोगों के अनुभवों को साझा करने का एक मंच होगा

बाद में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे

वंदे भारत मिशन के तहत संचालित यह विमान दुबई से कालिकट की उडान पर था इस दौरान कोझिकोड सहित केरल के ज्यादातार हिस्सों में बारिश हो रही थी दर्घटना के समय विमान कोझिकोड के कारीपुर हवाई अड़डे पर उतर रहा था हादसे के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बात की द्र्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से स्थिति की जानकारी ली उन्होंने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें विमान हादसे की जानकारी होने पर बेहद दुख हुआ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा राहत बल को राहत कार्यो में मदद के लिए घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए है

उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भूस्खलन में घायल लोगों को पचास पचास हजार रूपये दिए जाएंगे

वहीं भरतपुर में लगातार बढ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने आज से दो दिन के सम्पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए है लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं पेट्रोल पम्प और औद्योगिक गतिविधियां संचालित रहेगी जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि बाकी पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक बाजार सुबह दस बजे से पांच बजे तक खुले रहेंगे

इसका उद्देश्य कोविड से संबंधित देश के एक सौ अस्पतालों से रोगियों उनके लक्षणों और उपचार से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना है यह रजिस्टर एक वर्ष तक चलेगा और इसमें जांच प्रयोगशालाओं द्वारा सत्यापित तथा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकडे ही शामिल होंगे

राजस्थान पुलिस ने इन्टरकॉम से हुई बातचीत को रिकार्ड करने के आरोप को भी झूठा और काल्पनिक बताया है गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें जैसलमेर के होटल में ठहरे कुछ विधायकों के फोन गैर कानूनी रूप से टैप किये जाने की बात कही जा रही है पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए चिकित्सा विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

इसके साथ ही मूंग की एमएसपी दर में भी बढोतरी की गई है इसके बाद किसानो का ग्वार के गिरते भावों और मांग कम होने के कारण दलहनी फसल के प्रति रुझान काफी बढ गया है